राज्य में अरुणाचल ईस्ट संसदीय सीट के छह मतदान ब्रथों तथा अरुणाचल वेस्ट निर्वाचन क्षेत्रों के तेरह मतदान बूथों पर पुनर्मतान होगा संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने ग्यारह अप्रैल को इन बूथों पर हुए मतदान में गड़बड़ी पाई थी और इस महीने की बीस तारीख को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है अरुणाचल ईस्ट संसदीय सीट के लिए मेसिंग वांगुनपाथर नोंगथाव खाम्ति विंगसेन नोंगथाव लोंगुवा और लोंगखाव में जबकि अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट के लिए नाचिबन जोमोह यांगफो तागामपु पिपु दित पानिया बायोर लेया रेबी नासी कामकी देगों और सोगुम के मतदान बूथों में पुर्नमतदान होगा अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की साठ सीटों और लोकसभा की दो सीटों के लिए गत ग्यारह अप्रैल को वोट डाले गए थे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है इस चरण में ग्यारह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की पिचानवें सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं तमिलनाडु में अड़तीस कर्नाटक में चौदह महाराष्ट्र में दस उत्तर प्रदेश में आठ असम बिहार और ओडिसा में पांच पांच छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तीन तीन जम्मू कश्मीर में दो तथा पूद्दचेरी और मणिपुर में एक एक सीट के लिए वोट डाले गए लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए पर्चे भरने का आज आखिरी दिन है इस चरण में सात राज्यों के इक्यावन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में छह मई को मतदान होगा नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को की जाएगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे केंद्रीय आवासीय एवं नगर मामला विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात की बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना अटल मिशन कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन अमरुत प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत मिशन पूर्वोत्तर के विकास के लिए दस प्रतिशत एकमुश्त अनुदान आरक्षित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श हुआ बैठक में राज्यपाल ने सभी गरीबों और वंचितों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाए प्रदान करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए बेहतर सेवा और आर्थिक विकास के लिए समावेशी श्रृंखला वृद्धि के लिए ब्रनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए बैठक में केंद्रीय आवास एवं नगर मामला मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुणाल कुमार भी उपस्थित थे पासीघाट नगरपालिका परिषद ने कल से घर घर जाकर कुड़ा इकट़ठा करना शुरु कर दिया है इस महीने यानि की अप्रैल महीने के लिए घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने पर कोई भुगतान नहीं देना होगा यह निशुल्क रहेगा लेकिन मई महिने से इस सेवा के लिए घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भुगतान करना होगा इस सेवा के लिए नगर पालिका परिषद ने गैर सरकारी संगठन दोन्यी आने के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है समारोह को संबोधित करते हुए ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉ के सिंह ने कहा कि पासीघाट को स्वच्छ और कचरा मुक्त शहर बनाने के नागरिकों की मांग को पूरा करने के लिए पासीघाट नगर पालिका पूरी तरह से प्रयास करेगा उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को नगर को स्वच्छ बनाने की अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा डॉ सिंह ने बताया कि गैर सरकारी संगठन दोन्यी आने के सहयोग से मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी नाम पर एक पहल की भी शुरुआत की गई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी देशों से एकजुट होकर आंतकवाद के खतरे से लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि कुछ लोग देश और द्रनिया के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए आतंकवाद में लिप्त हैं महावीर जयंती के अवसर पर हैदराबाद में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि लोगों को शांति का प्रचार और अभ्यास करना चाहिए क्योंकि यह प्रगति के लिए एक पूर्व शर्त है उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आज समय की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि जैन धर्म ने भारत के आध्यत्मिक विकास में बहुत योगदान दिया है और सत्य अहिंसा और शांति के आदर्शों के प्रति भारत की अट्रट प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद की है चांगलांग जिला टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित पहला ऑल अरुणाचल प्रदेश ओपन टेबल टेनिस प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई प्रतियोगिता के फाईनल मैच में पवन राणा ने सांगे लाडेन खेल अकादमी के गेतित नोपी को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया चांगलांग जिले के ओंगजोंग चामकंग ने तीसरा स्थान ग्रहण किया